केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया

केन्द्र सरकार के नोडल अधिकारी और तकनीकी अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे इसके तहत पारम्परिक जल स्त्रोतो के अलावा बोरवेल को रिचार्ज करने सुखे तालाबों की मरम्मत के साथ किसानों को खेती में पानी के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी जायेगी श्री शेखावत ने इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी द्निया के लिए जल संकट चिंता का विषय बना हुआ है उन्होंने बताया कि देष में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घटती जा रही है इसलिए समय रहते इसे जन चेतना का विषय बनाया जाना चाहिए श्री शेखावत ने बताया कि देष में कई ऐसे उदहारण है जब व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासों से जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम सामने आये हैं

डिजीटल इंडिया अभियान की वर्षगांठ के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण है इस अभियान की चौथी वर्षगाठ पर श्री मोदी ने टवीट कर कहा अभियान से भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकृश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाए पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है इस मौके पर नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल को राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने को लिए छात्रों से सार्थक भूमिका अदा करने का आहवान किया है एक टवीट में प्रकाश जावडेकर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान लोगों की आदतों में परिवर्तन लाने में सफल हुआ है जयपुर में भी कल वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एनआईसी अधिकारियों से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में डिजीटल इंडिया की उपलब्धियों पर चर्चा की गई

विधेयक में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है विधेयक इस संबंध में पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार आरक्षण और संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी से कल नई दिल्ली में कांग्रेस शासित पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं से श्री गांधी को अवगत कराया है उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री गांधी उनके विचारों पर ध्यान देंगे

श्री डोटासरा ने जनप्रतिनिधियों से इन बालसभाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि बालसभाओं का उद्देश्य शिक्षक और अभिभावक के बीच दूरी मिटाने के साथ ही जनता की शिक्षा में सीधे भागीदारी सुनिश्चित करना है उन्होंने बताया कि बालसभाओं में बोर्ड परीक्षा के मेधावी बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के साथ ही राजीव गाँधी कैरियर पोर्टल के जरिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस भी दी जाएगी

इस बार यह बैठक पाकिस्तान के खोखरापार क्षेत्र में होगी

इसे लेकर कल जोधपुर में जिला कलक्टर के साथ टिड्डी नियंत्रण संगठन के अधिकारियों की बैठक हुई

ये वाहन बाड़मेर जैसलमेर और फलौदी में लगाये जायेंगे

जिन्हें किसानों को देकर भी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाएगा गौरतलब है कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में टिड्डी का प्रवेश हो चुका है टिड्डी नियंत्रण के लिये रोजाना पेस्टीसाइड का स्प्रे किया जा रहा है बाड़मेर जिले के जसोल में रामकथा के दौरान मारे गये लोगों के परिजनों और घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से भी आर्थिक सहायता मिलेगी जिला कलक्टर हिमांश ग्रप्ता ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन से पीड़ितों का विवरण और बैंक संबंधित जानकारी मांगी है

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला बंग्लादेश के साथ होगा